उन्होंने कोरोना संकट से निपटने के लिए हिमाचल को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने ऑक्सीजन अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता टीकाकरण अभियान सहित प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों से उन्हें अवगत करवाया गया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रेडक्रॉस स्वयंसेवियों से कोरोना महामारी में एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया है उन्होंने विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज शिमला स्थित राजभवन से प्रदेश रेडक्रॉस द्वारा कोरोना मरीजों को दी जाने वाली सामग्री की रेडक्रॉस वैन को भी इंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते हए मामलों को देखते हुए स्वैच्छिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए और अधिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ऑक्सीजनयुक्त बिस्तरों व समर्पित टीमों की आवश्यकता है उन्होंने इस महामारी के दौरान स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सेवानिवृत स्वास्थ्यकर्मियों और पूर्व सैनिकों की सेवाएं लेने पर भी बल दिया अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वित्त मंत्रालय ने आपदा की इस घड़ी में स्वास्थ्य संस्थानों को दो लाख से ज्यादा की कैश पेमेंट लेने की छूट दी गई है

उन्होंने कहा कि दो लाख से ज्यादा नकद भुगतान के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड देना होगा अनुराग ठाक्र ने कहा कि आयकर कानून के मुताबिक देश में किसी भी व्यक्ति को दो लाख से अधिक नकद के लेनदेन को प्रतिबंधित किया गया है मगर कोरोना महामारी के समय लोगों की सुविधा के मद्देनज़र यह कदम उठाया गया है सुखराम चौधरी ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं

हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

उन्होंने प्रतिनिधियों से होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों की हर संभव सहायता और क्वारंटीन नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने का आहवान किया

उन्होंने लोगों से कोरोना नियमों को सख्ती से पालन करने का आहवान किया है इस बीच लघ् उद्योग भारती काला ने यशवंत सिंह परमार मेडिकल अस्पताल को आज एक एंब्लेंस समर्पित की

ज़िले में लोगों की सुविधा के मद्देनजर उपस्वास्थ्य केंद्रों में भी स्वास्थ्य अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में आज लोट व बरगुल उप स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों को वैक्सीन लगाई गई

हिमराल प्रदेश कांग्रेस सचिव हरिकृष्ण हिमराल ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टैस्टिंग की सुविधा बढ़ाने पर बल दिया है उन्होंने प्रदेश सरकार पर कोरोना संक्रमण पर काबू पाने में नाकाम रहने का आरोप भी लगाया है